प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन पर असर टिहरी में सड़क निर्माण में लगी मशीन पर मलबा गिरने से तीन लोगों की मृत्यु राज्य सरकार ने की मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना की शुरूआत

ई मीटिंग प्रणाली से अधिकारियों के कार्य करने की गति में और तेजी आयेगी आज सचिवालय में ई मीटिंग सॉफ्टवेयर के श्भारम्भ के अवसर पर उन्होंने यह बात कही ई मीटिंग सॉफ्टवेयर एक स्मार्ट मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से म्ख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में होने वाली बैठकों को आईटी के माध्यम से और बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सकेगा बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी बैठक का एजेंडा और प्रस्तावित चर्चा के बिंद् बैठक से दो दिन पहले म्ख्यमंत्री को अन्मोदन के लिए भैंजेंगे जिसके बाद ही बैठक होगी म्ख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति तक विकास पहंचाने के लिए लीक से हटकर आध्निक तकनीक अपनाने की जरूरत है ई मीटिंग प्रणाली से शासन और अन्य विभागों के कार्यों में भी तेजी आयेगी उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य विजन राज्य को आईटी हब बनाने का है इस अवसर पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि यह ई मीटिंग प्रणाली से पूर्व में ली गई बैठकों के निर्णय भी सहजता से उपलब्ध होंगे और पेपरलेस कार्य भी होंगे

यह मौजूदा सक्रिय मामलों से तीन ग्ना से ऊपर है

सरकार ने शूटिंग सहित दूसरे चीजों के लिए एसओपी जारी की है कैमरा के सामने किरदार निभाने वालों को छोड़कर सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा सोशल डिस्टनसिंग का भी ख्याल रखना होगा उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी और सूचना विभाग में उप निदेशक के एस चैहान ने कहा कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जायेगा राज्य सरकार फिल्म शूटिंग की गाइडलाइन पहले ही जारी कर च्की है

देहरादून स्थित जौलीग्रांट हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने बताया कि कोरोना के कारण हवाई सेवाओं पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है

उन्होंने बताया कि मंगलवार से लखनऊ देहरादून और देहरादून लखनऊ के बीच विमान सेवा सप्ताह में तीन दिन उड़ान भरेंगी आगामी एक सितंबर से दिल्ली देहरादून और देहरादून दिल्ली के लिए भी हवाई शुरू होने जा रही है

बागेश्वर जिले उच्च हिमालय से सटे इलाकों में लगातार भूस्खलन हो रहा है

अतिवृष्टि से दो मकान ध्वस्त हो गए हैं

पानी की भी किल्लत बनी हई है राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश से कई सड़कें बंद हैं

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस योजना के तहत सोलर पैनल के माध्यम से लोग अपने घरों में बिजली बना सकते हैं

इसके साथ ही पैदा होने वाली बिजली को साढ़े चार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदेगी इससे राज्य में दूर दराज के गाव में रहने वाले ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा

अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अन्संधान संस्थान के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके प्रति सचेत कर रहे हैं

गाजर घास के संपर्क में आने से मन्ष्यों में डर्मेटाइटिस एक्जिमा एलर्जी ब्खार और दमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं

आपको बता दें कि गाजर घास का मूल स्थान वेस्टइंडीज और मध्य उत्तरी अमेरिका माना जाता है

चम्पावत जिले में चन्द राजाओं की क्ल देवी मां नन्दा स्नन्दा पर्व इस बार प्रतीकात्मक रूप से आयोजित किया जा रहा है जिले के पाटी ब्लॉक के द्रस्थ रमक क्षेत्र के सूर्य मंदिर में लगने वाला तीन दिवसीय सांस्कृतिक और व्यापारिक मेला भी इस बार सांकेतिक रूप से ही से ही मनाया जा रहा है यहां सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम हो रहे हैं